भारतीय जनता पार्टी ने इसे देश के इतिहास का काला अध्याय बताया

इसके बाद ही विपक्षी सदस्य शांत हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के द्वारा मूल प्रश्न के साथ अनुपूरक प्रश्न के लिए हाथ खड़े किए जाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष काफी नाराज दिखाई दिये विधायकों के इस आचरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को पीठ से निर्देश दिया कि विधायक मूल प्रश्न भी लगाएं सदन में प्रश्नकाल के दौरान सिंचाई पर्यटन सड़क और दुर्घटना बीमा संबंधी पांच सवाल उठाए गये और इन पर संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिये प्रश्नकाल में सत्ता और विपक्षी सदस्यों ने पेंशन का मुददा उठाया

समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने सदन के बाहर पत्रकारों को बताया कि आर्थिक हालात को देखते हुए इसका लाभ नहीं दिया जा रहा था लेकिन सरकार जैसे निर्णय लेगी विभाग उसके हिसाब से फैसला करेगा

इसके अलावा सहकारिता पर भी सवाल किये गये इसके बाद कानून और व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हई विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम नहीं रख पा रही है जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष की दलीलों का विरोध किया स्लग सभी के लिए घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी के लिए घर का सपना साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी जिससे करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को पंख लगेंगे एक टवीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने चार साल पहले देश में शहरी परिदृश्य के परिवर्तन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की थी जिनमें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना स्मार्ट सिटी मिशन नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत शामिल हैं उन्होंने कहा कि इन पहलों से न केवल शहरी विकास के नए दौर में प्रवेश करने में मदद मिली है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है

उधमसिंह नगर जिले के पंतनगर पहंचे सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में पहली बार दलहन तिलहन और मक्के की खरीद एमएसपी यानि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कर राज्य सरकार किसानों को भुगतान कर रही है

इसके लिए उत्पादकता के साथ ही कृषि क्षेत्रफल को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं स्लग सरकार और विश्व बैंक आर्थिक रूपरेखा राजकोषीय नीति ऋण प्रबन्धन को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार और विश्व बैंक के बीच आज दिल्ली में लोन एग्रीमेन्ट हस्ताक्षरित किया गया

गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने काफी पहले ही इस परियोजना का काम शुरू कर दिया था देश में लोक वित्तीय प्रबन्धन के लिए विश्व बैंक के सहयोग से क्छ ही राज्यों में यह परियोजना चल रही है

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद इन सभी जिलों में प्रशासन सतर्क हो गया है और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट गया है इससे पहले कल मौसम विभाग ने प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की आधिकारिक घोषणा की थी

इस बीच कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला रविवार से ही जारी है आज भी नैनीताल में तेज बारिश होने की खबर है जिससे सैलानियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा वहीं देहरादून समेत गढ़वाल मंडल के क्छ इलाकों में भी बारिश हई है स्लग बस सेवा शुरू देहरादून में परिवहन विभाग ने दोस्त एक्सप्रेस नाम से बस सेवा की शुरुआत की है

बस सेवा शुरू होने से दस से अधिक गांवों को सीधा लाभ होगा

वे लंबी बीमारी से ग्रसित थे और देहरादून के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था

स्वामी सत्यमित्रानंद के निधन पर संत समाज में शोक की लहर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल योग गुरु बाबा रामदेव और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट कर उनको श्रद्वांजलि दी है स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरी जी महाराज के ब्रहमलीन होने पर कल एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है बुधवार को प्रदेश में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और कोई भी शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जायेंगे स्वामी सत्यमित्रानंद का भू समाधि संस्कार कल हरिद्वार के हरिपुर कला स्थित राघव कुटीर में होगा जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं

स्वामी सत्यमित्रानंद के भू समाधि संस्कार में श्रद्वांजलि देने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों के कई अनुयायी यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं कल होने वाले भू समाधि संस्कार में श्रद्वांजलि देने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और स्थानीय सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई वीआईपी यहां पहुंचेंगे

उनके कई शिष्य आज संत समाज के शीर्ष पर हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि देश उन सभी महान लोगों को नमन करता है जिन्होंने आपातकाल का निडर होकर पूरी शक्ति से विरोध किया प्रधानमंत्री ने कहा कि तानाशाही सोच देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से हार गई थी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आपातकाल की घोषणा और उसके बाद की घटनाएं देश के इतिहास का काला अध्याय है गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल का सामना करने वालों को श्रद्वांजलि अर्पित की है एक ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि आपातकाल के दौरान लाखों राष्ट्रवादियों ने लोकतंत्र की बहाली के लिए यातनाएं झेलीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की आज संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मौजूदा दौर में प्रेस को स्वतंत्रता है और लोगों के पास अभिव्यक्ति की आजादी है स्लग मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

जनवरी में मन की बात कार्यक्रम में नरेन्द्र मोदी ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धीयों पर बात की थी

इसरो के अध्यक्ष डॉ के सिवन ने बंगलूरू में यह घोषणा की थी

केएमवीएन अल्मोड़ा के हॉली डे होम से सभी यात्रियों को शुभकामनाएं देकर विदा किया गया